हमीरपुर जिला के सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र के चौकी और हमीरपुर के नादौन में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही जयराम ठाक्र ने कहा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के खिलाफ गलत बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन समय आने पर जनता इसका उचित जवाब देगी भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में आज भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है चुनाव प्रचार इस बीच चुनाव की तारीख ज्यों ज्यों नजदीक आ रही है प्रचार अभियान में भी तेजी आने लगी है प्रदेश में दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर लोगों को रूझाने में जुटे हैं इस दौरान अरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाक्र ने आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया इस मौके उन्होंने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ की जा रही बेबुनियाद बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे देश का अपमान बताया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवा कर भारत का लोहा मनवाया है लेकिन कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री पर कथित अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं रामलाल ठाक्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानो पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण हर वर्ग को फायदे के बजाए नुकसान हुआ है मगर पूर्व कांग्रेस सरकारों ने चहमुखी विकास को हमेशा तरजीह दी है उन्होंने कहा कि भाजपा नेता लोगों को जाति आधार पर लड़ाने का काम कर रहे हैं रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि जीएसटी और नोटबंदी से किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है शांता कुमार वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार ने कहा है कि मतदान करना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और देश के लाखों शहीदों की कुर्बानियों के बाद वोट का अधिकार मिला है चंबा जिला के सिल्लाघ्राट और हरिपुर पंचायत में आज चुनावी जनसभाओं में उन्होंने कहा कि लोग किसी भी पार्टी को वोट दें लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को भाग लेना चाहिए शांता कुमार ने दावा किया कि प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी उन्होंने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर के लिए लोगों से सहयोग का आग्रह किया कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी एकजुटता से कार्य कर रही है और चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का आपार जनसमर्थन मिल रहा है सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा के पास धनबल है लेकिन कांग्रेस के पास जनबल है और प्रदेश की चारों सीटों पर पार्टी अवश्य जीतेगी कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा के पास चुनाव में कोई मुददा नहीं हैं और हार के डर से तथ्यहीन बयानबाजी की जा रही है जो सही नहीं है उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार जनता से किए वायदों को पूरा करने में विफल रही है कुलदीप राठौर ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार धनीराम शांडिल ने सांसद व मंत्री रहते हुए तीनों जिलों में अभूतपूर्व विकास किया है दुर्घटना मंडी जिला में पधर के जोगणी माता मंदिर के समीप आज सुबह एक वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से पांच लोगों की मृत्यु हो गई जबकि छ अन्य घायल हुए हैं

घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में दाखिल करवाया गया है ये सभी बल्ह क्षेत्र के रोपा गांव के बताए जा रहे हैं इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है उन्होंने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं

कृतज्ञ प्रदेशवासियों ने आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी सोलन में डॉक्टर वाईएसपरमार की प्रतिमा पर लोगों ने उन्हें पृष्पांजलि अर्पित की सिरमौर कल्याण मंच द्वारा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर परमार द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चलने का प्रण लिया गया सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि भाजपा के लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है एक बयान में उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के कारण देश की जनता को भी ये विश्वास हो गया है कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है